मास्क पहनें दो गज़ की दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

आज जयप्र जोधप्र और कोटा के छह निगमों में महापौर के लिए मतदान हुआ जयपुर हेरिटेज जोधपुर उत्तर और कोटा के दोनों निगमों उत्तर और दक्षिण में कांग्रेस के मेयर बने हैं भारतीय जनता पार्टी को जयपुर ग्रेटर और जोधपुर दक्षिण में बोर्ड बनाने में सफलता मिली है जयप्र के हेरिटेज नगर निगम में कांग्रेस की मुनेश गुर्जर जोधप्र उत्तर में कृंती परिहार कोटा उत्तर में मंजू मेहरा और कोटा दक्षिण में राजीव अग्रवाल मेयर बने हैं वहीं जयपुर ग्रेटर में भाजपा की सौम्या गुर्जर और जोधपुर दक्षिण में वनिता सेठ मेयर के पद पर काबिज हुई हैं हमारे जोधपुर संवादददाता ने बताया कि दोनों निगमों में परिणाम आने के बाद कुंती पहीहार और वनिता सेठ को महापौर पद की शपथ दिलाई गई कोटा देक्षिण नगर निगम में महापौर चुनाव के दौरान हंगामा होने से पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा हमारे कोटा संवाददाता ने बताया कि लाठी चार्ज के दौरान कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को चोटें आई जिन्हें अस्पताल भेजा गया इन सभी छह नगर निगमों में उपमहापौर के चुनाव कल होंगे निगमों की बैठक कल सुबह दस बजे शुरू होगी उपमहापौर के लिए नामांकन पत्र ग्यारह बजे तक पेश किये जा सकेंगे दोपहर बाद दो बजे तक नाम वापस लिये जा सकेंगे यदि आवश्यक हुआ तो मतदान ढाई बजे से पांच बजे तक करवाया जाएगा मतदान समाप्ति के तुरन्त बाद मतगणना कर परिणाम घोषित किया जाएगा

उन्होंने इस चुनाव में हासिल की गई सफलता के लिए पार्टी के पार्षदों कार्यकर्ताओं और नेताओं का आभार जताया है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने जयपुर ग्रेटर और जोधपुर दक्षिण के महापौर को बधाई दी उन्होंने कहा कि दोनों महापौर अपने अपने क्षेत्रों में विकास की नई मिसाल पेश करेंगे

उम्मीदवार कल तक नाम वापस ले सकते में पंचायत चुनावों के लिए जिलों में विभिन्न प्रशासनिक तैयारियां की जा रही हैं आज झुन्झुन् में आठों उपखंड मुख्यालयों पर मतदान दलों के सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है दो दिन के इन प्रशिक्षण शिविरों में सोशल डिस्टेंस का पूरा ध्यान रखा जा रहा है झालावाड़ में भी मतदान अधिकारियों और सहायक मतदान अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया

डूंगरपुर में एक मकान में नकली घी बनाने की सूचना पर पुलिस ने छापा मारा लेकिन आरोपी मौके से फरार हो गया पुलिस ने नकली धी बनाने का सामान और नकली धी से भरे डब्बे जब्त किए हैं

उन्होंने कोणार्क कोर की परिचालन तत्परता और तैयारियों की समीक्षा की

हमारे ब्रंदी संवाददाता ने इस बारे में स्थानीय कारीगरों से बात की छत्रपुरा की दीये बनाने वाली एक महिला रामप्यारी ने बताया कि उन्हें अच्छी आय हो रही है

वे आज भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा अनुसंधान विकास और नवाचारों के जरिये औद्योगिक विकास विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में बोल रहे थे

जिला कलेक्टर पीयूष सामरिया ने बताया कि बैठक में बुनकरों को राज्यस्तर पर दिये जाने वाले पुरस्कार के लिए बुनकरों को नामित किया गया

उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इस मौके पर अपने संदेश में कहा कि विज्ञान का सही मायने में उद्देश्य लोगों की जिंदगी में खुशी लाना और उनके जीवन को बेहतर बनाना है ट्वीट संदेश में श्री नायडू ने कहा कि कोरोना महामारी ने विश्व के वैज्ञानिक समुदाय को एकसाथ आने की जरूरत को उजागर किया है ताकि वे मानवता के समक्ष चुनौतियों का समाधान निकाल सकें

वर्तमान में पांच दशमलव नौ छह प्रतिशत सक्रिय मामले हैं

देश में इस समय मृतक दर एक दशमलव चार आठ प्रतिशत हो गई है

जयपुर में आज कार्मिक विभाग की ओर से सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को मास्क वितरित किये गये

इस दौरान युवाओं को मास्क पहनने और उचित दूरी बनाये रखने के लिए जागरुक किया गया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

मैदानी इलाकों में आज भी भीलवाड़ा सबसे ठण्डा रहा

इस लिपिक ने प्रसूताओं को कलेवा योजना के तहत दिए जाने वाले भोजन के बिल पास करने की एवज में रिश्वत मांगी थी